सीबीआई कार्रवाई केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भ्रष्टाचार हथियारों की तस्करी और अन्य अपराधों से संबंधित मामलों पर आज छत्तीसगढ़ सहित उन्नीस राज्यों के एक सौ दस स्थानों पर छापे मारे अंतिम समाचार लिखे जाने तक छापेमारी की कार्रवाई जारी थी सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामलों में इस हफ्ते में यह दसरी बडी कार्रवाई की है मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर के भी कई ठिकानों पर हथियारों की तस्करी भ्रष्टाचार सहित अन्य आपराधिक मामलों की शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद सीबीआई ने यह कार्रवाई की है सीबीआई प्रवक्ता आर के गौर ने इसकी पुष्टि की है बताया जा रहा है कि छापेमारी में अभी तक जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं उसके आधार पर मामले भी दर्ज किये गए हैं

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव अब जांजगीर चांपा बलौदाबाजार भाटापारा और मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री होंगे इसी प्रकार गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू बिलासपुर और गरियाबंद जिले तथा कृषि और जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे रायपुर और रायगढ़ जिले का प्रभार संभालेंगे वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जगदलपुर और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री होंगे इसी तरह वन मंत्री मोहम्मद अकबर राजनांदगांव और दुर्ग जिले तथा उद्योग मंत्री कवासी लखमा धमतरी और महासमुन्द जिले का प्रभार संभालेंगे श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया को सरगुजा और कोरिया जिले का तथा महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया को बेमेतरा और कवर्धा जिले का प्रभार सौंपा गया है इसके अलावा अन्य मंत्रियों के जिलों के प्रभार में भी फेरबदल हुआ है

यह महिला माओवादी क्राम भीमे बटालियन की सेक्शन कमांडर थी इस पर आठ लाख रूपये का इनाम घोषित था इस महिला माओवादी की शिनाख्त इसके पास मिली इंसास रायफल से हुई है यह रायफल वर्ष दो हजार दस में ताड़मेटला में हुए माओवादी हमले के दौरान सीआरपीएफ के जवानों से लूटी गई थी पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि विशेष कार्यबल कोबरा बटालियन और जिला रिजर्व गार्ड के संयुक्त दल ने चिंतागफा इलाके के डब्बाकोंटा के जंगलों में माओवादियों के ठिकाने पर छापा मारा मुठभेड़ के दौरान विशेष कार्यबल और माओवादियों के बीच गोलीबारी हुई बाद में तलाशी के दौरान एक महिला माओवादी का शव एक इंसास राइफल और अन्य सामग्री मौके से बरामद की गई पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में करीब चार और माओवादी घायल हुए हैं गांधी जयंती पदयात्रा भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती पर इस वर्ष दो से इकतीस अक्तूबर तक हर संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन करेगी संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद यह जानकारी दी श्री जोशी ने बताया कि हर निर्वाचन क्षेत्र में पंद्रह से बीस दल बनाए जायेंगे जो प्रतिदिन पंद्रह किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे लोकसभा दीपक बैज सांसद दीपक बैज ने आज लोकसभा में बस्तर क्षेत्र के कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र संचालित नहीं होने का मुद्दा उठाया मानसून सत्र के दौरान श्री बैज ने आज ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं से जुड़ा सवाल किया उन्होंने जानना चाहा कि पूरे देश में कुल पांच हजार अट्ठाईस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चल रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में दो सौ छह केंद्र संचालित है लेकिन बस्तर में इन केन्द्रों का संचालन कब से किया जाएगा सांसद श्री बैज ने यह भी कहा कि जनऔषधि केंद्रों में सात सौ चौदह किस्म की दवाएं ही उपलब्ध हैं अन्य महंगी दवाओं की खरीदी बाहर से करने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है श्री बैज ने जानना चाहा कि निजी डॉक्टरों के द्वारा सस्ती दवा लिखने के लिए क्या सरकार कानून बनाएगी प्रधानमंत्री शोक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर उनकी मां बिंदेश्वरी बघेल के निधन पर दुख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने अपने शोक पत्र में लिखा है कि बिंदेश्वरी बघेल एक साहसी और बहादुर महिला थी लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी उन्होंने बीमारी का सामना हिम्मत के साथ किया प्रधानमंत्री ने श्री बघेल और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है

रोचक खेल और मनोरंजक तरीके से इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आज से राज्य स्तर पर रिफ्रेशर पाठ्यक्रम श्रू किया गया है राजधानी रायपुर में आज आयोजित जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की राज्य स्तरीय कार्यशाला के साथ इस अनोखी पाठशाला का शुभारंभ हुआ इस मौके पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समीर विश्नोई और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पद्मिनी भोई साहू उपस्थित थीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री विश्नोई ने कहा की विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी साक्षरता क्लब के माध्यम से बेहतर कार्य किया गया जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में मतदाता जागरूकता बढ़ी है उन्होंने बताया कि चुनावी साक्षरता क्लब बहुआयामी उद्देश्यों को लेकर एक सामुदायिक संवाद और जागरूकता कार्यक्रम है इसके माध्यम से समुदाय में रचनात्मकता और सकारात्मक सोच का विकास होगा कार्यशाला को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पद्मनी भोई साहू और डॉक्टर केआरआर सिंह ने भी संबोधित किया कृषि विवि इन्क्यूबेशन केन्द्र नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन केन्द्र शुरू किया गया है इसके जरिये छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में नये स्टार्टअप उद्योग और व्यवसाय स्थापित करना आसान होगा भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेन्टर के लिए रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का चयन किया गया है इसके जरिये संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्योग तथा व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवाओं से आवेदन कृषि और आमंत्रित किये गए हैं सेन्टर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर हुलास पाठक ने बताया कि इस केन्द्र के माध्यम से स्टार्टअप की स्थापना के इच्छुक नवाचारी उद्यमियों को ढ़ांचागत सुविधाएं तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा साथ ही उन्हें वित्तीय व्यवस्था और मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने में भी मदद दी जाएगी इस संबंध में और अधिक जानकारी कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है दुर्घटना अंबिकापुर में बीती रात एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक दंपत्ति की बच्चे सहित मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक उदयपुर के पास मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी और उनके बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई

इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने यहां से गुजर रही एक बस को भी टक्कर मारी जिसके बाद ट्रक चालक और परिचालक ट्रक में ही फंस गए

वहीं जांजगीर चांपा जिले में हाइवा की टक्कर से कार चालक की मौत हो गई वहीं कार में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए बताया जाता है कि बलौदाबाजार का एक परिवार इलाहाबाद से लौट रहा था इसी दौरान शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के लोहरसी गांव के पास यह हादसा हुआ

रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी ने बताया कि उत्तरप्रदेश से लेकर बिहार तक एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है इसके असर से छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी रहेगा कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है बीते चौबीस घंटों के दौरान भी राज्य की अनेक जगहों पर बारिश हुई है खरीफ मौसम बोनी मानसून सक्रिय होने के साथ ही राज्य में खरीफ फसलों के बोनी के कार्य में तेजी आ गई है अब तक पंद्रह लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर धान की बोआई कर ली गई है जो कि लक्ष्य का बयालीस प्रतिशत है इसके साथ ही मक्का ज्वार कोदो और कुटकी सहित अन्य लघ् धान्य प्रजाति के फसलों की भी बोआई चल रही है वहीं दलहनी फसलों में उड़द अरहर कुल्थी और मूंग तथा तिलहनी फसलों में मूंगफली तिल और सोयाबीन की फसलें लगाई जा रही हैं

इस दौरान श्री उसेंडी पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे

जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने इन मतदाताओं को दो दो हजार रूपए की राशि से पुरस्कृत किया